केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली को करेंगे सम्बोधित उच्चतम न्यायालय ने निर्मया मामले में मृत्युदण्ड पाए एक दोषी के अपराध के समय किशोर होने के दावे को किया नामंजूर शाहजहांपुर में कल एक सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विद्यार्थियों से अपने दिल की बात सुनते हुए राष्ट्र और इसके विकास के लिए उत्साह के साथ काम करने को कहा है कल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस कार्यक्रम में विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी के कंघों पर है उन्होंने कहा कि हालांकि अपना करियर सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन उन्हें राष्ट्र में योगदान देने के लिए कुछ जिम्मेदारी निमानी होंगी प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं में अच्छे अंक पाना ही सब कुछ नहीं है और विद्यार्थियों को इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए कार्यक्रम के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि व्यक्ति अपनी विफलता में भी सफलता का मार्ग पा सकता है उन्होंने कहा कि अस्थायी विफलता का मतलब यह नहीं है कि सफलता आपका इंतजार नहीं कर रही है वास्तव में विफलता का मतलब यह हो सकता है कि अच्छा समय अभी आना बाकी है उन्होंने कहा कि पढने लिखने के अलावा अन्य गतिविधियां भी महत्वपूर्ण हैं और इनसे दूर रहकर व्यक्ति रोबोट की तरह बन जाता है उन्होंने कहा कि अन्य गतिविधियों में भाग लेने से युवाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है हमारा नौजवान रूर्जा से भरा हुआ है

साहस सामर्थ दिखाने वाला है ये अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा और इसलिए हमनें अन्य गतिविधियां एक्टीविटी उसमें उदासीन कभी नहीं रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर ज्यादा समय बिताने के बुरे प्रभावों पर प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि उन्हें जरूरत से ज्यादा इनका इस्तेमाल कर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए उन्होंने कहा कि रोजाना कम से कम एक घंटा प्रौद्योगिकी उपकरणों से दूर रहना चाहिए और उस समय विद्यार्थियों को मित्रों परिवार पुस्तकों तथा पालतू जानवरों के साथ या फिर बागीचे में समय बिताना चाहिए मौलिक कर्तव्यों के महत्व से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि यह पीढ़ी संविधान में निहित कुछ मौलिक कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि दो हजार बीस न केवल नया वर्ष है बल्कि यह एक नए दशक की शुरुआत भी है जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इस दौरान राष्ट्र निर्माण में बहुत योगदान दे सकते हैं उन्होंने विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा एक्जाम वारियर पुस्तक पढ़ने को कहा जो उन्हें उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में मदद करेगी प्रधानमंत्री के साथ इस संवाद कार्यक्रम में देशमर से आये दो हजार से अधिक विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले एक दिव्यांग विद्यार्थी ने आकाशवाणी से बातचीत में अपनी राय व्यक्त की नेरा नाम शोमित रस्तोगी है

पार्टी के च्नाव प्रमारी राधा मोहन सिंह ने उन्हें निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में शुरू हुई हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जे पी नड्डा को पिछले वर्ष जुलाई में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था वे लंबे समय से पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे नरेन्द्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वे कैबिनेट मंत्री थे दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनावों के दौरान उन्हें राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया था बाद में श्री नड्डा के स्वागत में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जनता द्वारा नकारी गयी पार्टियां अपने निहित स्वार्थो के लिए झूठ और भ्रम फैला रही हैं किसी पार्टी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने के विपक्ष के प्रयासों के बावजूद भाजपा में लोगों का विश्वास है और भाजपा सरकारे मजबूत स्थिति में हैं श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री नड्डा की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्री नड्डा के नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाई छुएगी नड्डा जो का नेतृत्व हमें नई प्रेरणा देगा नई रूर्जा देगा और हम सब कार्यकर्ताओं का काम है कि नड्डा जी यशस्वी हों नड्डा जी जो चाहें उसे हम पूरा कर कर के दें एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी जो भी जिम्मेवारी तय हो उस जिम्मेवारी को पूरे समर्फण भाव से पूर्ण करते हुए मां भारती के कल्याण के लिए जिन आदर्श और मूल्यों को ले करके हम निकले हैं उसे हमारे चरित्र का हिस्सा मान करके ही चलना है श्री मोदी ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निमाई है इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा रुकने वाली नहीं है और वह उन राज्यों में भी पहंचेगी जहां अभी सत्ता में नहीं है बाद में श्री मोदी और श्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में भाजपाशासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक रैली को संबोधित करेंगे रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे इस रैली की तैयारियो को लेकर विगत कई दिनों से पार्टी के कार्यकर्ताओं संगठन के पदाअधिकारियों और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने आम लोगों से मिलकर उन्हें रैली में आने के लिये आमंत्रित किया है भाजपा नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर लगातार जन सम्पर्क अभियान चला रही है इस क्रम में वाराणसी और गोरखपुर में पार्टी के बड़े नेताओं ने रैलियां की है मेरठ में केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कानपुर में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर रैलियों को संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेई ने आकाशवाणी को बताया कि रैली को लेकर लोगों में उत्साह है और नागरिकता संशोधन कानून से लखनऊ में लगभग एक हजार के करीब शरणार्थियों को नागरिकता मिलने की आस जगी है

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस आदेश में पवन गुप्ता के इस दावे को खारिज किया था कि अपराध के समय वह किशोर था न्यायमूर्ति आर भान्मती की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है दिल्ली की एक अदालत ने बीते शुक्रवार को मामले के चारों दोषियों को एक फरवरी को फांसी देने के लिए नया वारंट जारी किया है

कल वाराणसी में गंगा यात्रा कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गंगा किनारे की ग्राम समाओं में आवश्यकतानुसार छोटे गेस्ट हाउस पार्क और पर्यटन एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए अन्य सुविधाए विकसित की जाएं उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत डीपीआर तैयार करने का भी निर्देश दिया श्री तिवारी ने लोगों से आगामी गंगा यात्रा के दौरान गंगा पूजन में पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करने की अपील की शाहजहांपुर में कल देर शाम एक सड़क दूर्घटना में कार सवार पांच लोगों की मौत हो गयी दूर्घटना जनपद के बीसलपुर राजमार्ग पर निगोही थाना क्षेत्र के सडा गांव के पास उस समय हुई जब कार चालक ने एक वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया इस दौरान कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा कर खाई में जा गिरी दुर्घटना में कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी कार सवार सभी लोग बारात में शामिल होने के लिए बीसलपुर जा रहे थे प्रदेश के स्टांप न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कल वाराणसी में खादी उत्सव दो हजार बीस का शुभारंभ किया चौकाघाट स्थित अर्बन हाट प्रांगण में लगी प्रदर्शनी में कुल साठ स्टॉल लगाए गए हैं दस दिवसीय इस प्रदर्शनी का आयोजन उन्तीस जनवरी तक होगा इसमें प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों के भी उद्यमियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं प्रदर्शनी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना और उनके उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग में सहायता करना है